श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे देश में अभी तक छः करोड पांच लाख तीस हजार लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घटों में कोविड नाइन्टीन के अडसठ हजार से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढकर एक करोड बीस लाख उन्तालीस हजार छः सौ चौवालीस हो गई है इस महामारी से एक करोड तेरह लाख पचपन हजार नौ सौ तिरान्नबे व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर चौरान्नबे दशमलव तीन दो प्रतिशत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखप्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सम्बोधित करते हये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दो हजार बाईस तक प्रदेश में हर गरीब के पास अपना आवास होगा जीवन की सुगमता में आवास बिजली शुद्ध पेयजल अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी स्कूली शिक्षा नजदीकी रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में केंद्र व प्रदेश की सरकारे तेजी से कार्य कर रही हैं इसका लाम भी लोगों को मिल रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बीस लाभार्थियों को उनके आवास की चाभी व प्रमाण पत्र वितरित किए रंगों का त्यौहार होली आज देश के विमिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शभकामनाए दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सदभाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता बेहतर स्वास्थ और समद्वि लेकर आएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नये उत्साह का संचार करेगा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को होली की बघाई दी है मुख्यमंत्री श्री योगी आज सुबह गोरखपुर में होली के जुलुस में शामिल हुए श्री योगी ने लोगों से कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने की अर्पोल की है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की प्रदेश सहित समूचा ब्रज मंडल आज होती की उमंग और उत्साह में डूबा हुआ रहा ब्रज मंडल में होती अपने तरीके और अपनी शैली में मनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि होती का उत्सव सबसे पहले बूज से शुरू हुआ था जहाँ भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के साथ होती खेलते थे जिसकी पुष्टि वहीं लोकगीतों से होजाती है श्री कृष्ण जन्मन्नि द्वारकार्यीस मंदिर ठाकुर बांकेबिहारीजी मंदिर प्रिय कांटजू मॉदेर गोर्व्यन गिरिराज जी मॉदेर बरसाना नंदगांव गोकुल और अन्य प्रमुख मॉदेरों सहित यहां तोग अबीर गुलाल और रंगों से होली खलते नजर आए मंदिरों में बढ़ी संख्या में विदेशी लोग भी होली के उत्साह में सराबोर दिखे अयोध्या वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर भी होली का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया

अयोध्या में आज होली का उल्लास चरम पर है और होली के अवसर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए दोपहर बाद होने वाले मेलों और अन्य कार्यक्रमों में नन्हें मुन्नों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की खुशी में डूबी अयोध्या ने इस बार होली विशेष आनंद उत्सव के रूप में मनाई और अस्थाई भवन में विराजमान रामतला और उनके चारों भाइयों को पुंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आए अबीर गुलाल लगाए गए और उन्हें नये स्वेत कस्त्र धारण करकर विमिन्न प्रकवानों का भोग तगाया गया और रामलता के होती खेलने का संदेश पार्त ही संपूर्ण अयोध्या होती के जस्न में दूब गई कहीं मंदिरों में छूलों की होली खेली गई तो अयोध्या के घरों गलियों और चौराहों में अबीर गुलाल जड़ाने के साथ जमकर रंगों की बौछार की गई संत महत और ग्रहस्थ एक दूसरे के रंग में रंग कर मिले और प्रेमएकता और सौहार्द का संदेश दिया राजेंद्र सोनीआकाशवाणी समाचार अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के साथ मुठमेड़ के दौरान शहीद हए बागपत जिले के रहने वाले सेना के जवान पिंक कनार को श्रद्वाजलि दी है श्री योगी ने शहीद हवलदार पिंक कनार के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक मद्द और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम करने की घोषणा भी की है